कोरोना महामारी को देखते हुए वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस बार रद्द कर दी गई है

इधर हजारीबाग की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की निदेशक उमा महतो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है राज्य में मिले अब तक छह हजार दो सौ छप्पन कुल संक्रमितों में से दो हजार नौ सौ बैयालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की कुल संख्या तीन हजार एक सौ बानबे है वहीं कोरोना से अबतक इकसंठ लोगों की मौत हो चुकी है इधर राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनकी बेटी की भी कोरोना रिंपोर्ट भी निगेटिव आई है झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कल घोषणा की है कि व्यवसायियों को अपने स्तर से सप्ताह में तीन दिन दुकान बंद रखने का आग्रह किया जाएगा चैंबर की ओर से शुक्रवार शनिवार और रविवार को गैर जरूरी सामग्रियों की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सातों दिन होगी चैंबर ऑफ कॉमर्स के इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सराहनीय पहल बताया

आठ जून को न्यायायुक्त नवनीत कमार की अदालत से बेल याचिका खारिज करने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी

हालांकि जबतक केस समाप्त नहीं हो जाता कोई भी विदेशी भारत छोड़कर नहीं जा सकता

झारखंड में कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला था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

हालांकि पारम्परिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराए जाएंगे पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा कल जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया श्री मुर्मू श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं श्रद्वालु टेलीविजन से सीधे प्रसारण के माध्यम से पावन हिमलिंग के दर्शन कर सकते हैं लोहरदगा जिले में लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है यहां प्रधानमंत्री केसीसी का लाभ लोगों को मिलने लगा है

उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है

गिरफ्तर नक्सली सदस्यों ने सोलह जुलाई की देर रात रांची के तुपुदाना और खूंटी के हुटार इलाके में नक्सली पोस्टर चिपका कर दहशत फैलाने का काम किया था नक्सलियों ने क्षेत्र में काम कर रहे ठेकेदारों को बैनर के माध्यम से धमकी दी थी

लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बेहतर काम करने के लिए झारखंड को देश में ओवरऑल चौरानबे दशमलव आठ दो अंकों के साथ दूसरा स्थान मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के परफॉरमेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार झारखंड के कई जिलों ने देश में बेहतर प्रदर्शन किया है अब इस योजना में झारखंड से छत्तीसगढ़ ही सिर्फ ऊपर है

झारखंड के जामताड़ा जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जबकि रामगढ़ को पांचवां और बोकारो को दसवां स्थान प्राप्त हुआ है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने का आदेश दिया है कृषि मंत्री बादल की मौजूदगी में उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल पर नौ लाख किसानों के आवेदन लंबित रहने पर सवाल उठाए

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निबंधन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया

वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष तथा नवनियुक्त राज्यसभा सांसद शिब् सोरेन आज शपथ नहीं लेंगे पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि श्री सोरेन बाद में चालू सत्र के दौरान शपथ लेंगे केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में पीजी तथा एमडीएस में दाखिले के लिए परसेंटाइल तथा कट ऑफ मार्क्स घटा दिया है केंद्र से पत्र मिलने के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए दो काउंसिलिंग आयोजित किए जाने के बाद मॉपअप राउंड करने का निर्णय लिया है इसे लेकर घटे हुए परसेंटाइल के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट तय करने के लिए आज तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं पर्षद के अनुसार पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है

इसके बाद उन्होंने ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था का खाका तैयार करने का निर्देश दिया

शुक्रवार शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखने के चैंबर के निर्णय की खबर को हिदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिहाज से झारखंड से ज्यादा बिहार में खतरा की रिपोर्ट को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है देश भर में सीरो सर्वे के दौरान तेइस दशमलव चार आठ प्रतिशत लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी मिलने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार ई मेल से धमकी और सुरक्षा बढ़ाने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राज्य के छूटे हुए नौ लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने के मुख्यमंत्री के निर्देश को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है देशभर में लगातार छठे दिन तीस हजार से अधिक कोरोना संक्रमितों के मिलने की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है